मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संवाद में सभी जिला उपायुक्तों को इस बावत जरूरी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर न पड़े इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है उन्होंने कहा कि व्हटसऐप व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से स्कूली बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है ऐसे में विद्यार्थियों को बाजार से अपनी जरूरत की किताबें व अन्य सामग्री खरीदने के लिए इन दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है उन्होंने कहा कि ये दुकानें सप्ताह में दो दिन सुबह दस से एक बजे तक कर्फ्यू में ढील के दौरान खुली रहेंगी वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता पर भी बल दिया

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कफ्यू के दौरान किसानों की सुविधा के लिए उचित कदम उठाए जाएं जयराम ठाकुर ने कहा कि किसानों की फसल कटाई का कार्य प्रगति पर है ऐसे में उनकी फसल की खरीद के लिए भी आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं मुख्यमंत्री ने फसल कटाई के दौरान किसानों को सामाजिक दूरी के संबंध में जागरूक करने पर भी बल दिया बिंदल भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते आम लोगों की सहायता के लिए पांच बिंदुओं पर कार्य करेगी

बीते कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं से अगले दो महीने तक अपने बूथ और मंडल में सेवा व संगठन के काम के लिए हरदम तैयार रहने का आह्वान किया कामगार प्रदेश में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत कामगारों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मार्च माह के लिए दो हजार रूपए और अप्रैल माह के लिए भी दो हजार रूपए का भुगतान करने का फैसला लिया गया है

प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड कामगारों को इस राशि के जल्द भुगतान को सुनिश्चित बना रहा है ताकि इस विकट समय में उनकी मदद हो सके उन्होंने कहा कि जिन कामगारों को पहली किश्त नहीं मिली है ये अपने पंजीकृत श्रम कार्यालय में इसकी जानकारी दें

दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में कोरोना के दो नए पॉजिटिव चार स्वस्थ

हिमाचल दस्तके का कहना है ऊना में दो नए पॉजिटिव नौ रिकवर भी हुए

दिव्य हिमाचल की एक खबर है बद्दी के पास दो गांवों में दूध बेचने वाला पॉजिटिव सौ से ज्यादा लोग क्वारंटाइन

हिमाचल दस्तक की एक खबर है हिमाचल में कुछ बदलावों के साथ बढ़ेगा लॉकडाउन इसी पत्र के अनुसार लॉकडाउन की मार से खाली हो रहा राजकोष प्रदेश पुलिस महानिदेशक के हवाले से पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है डॉक्टर नर्स व पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया तो होगी कार्रवाई आपका फैसला की खबर है सरकारी स्कूल ने तोड़ा लॉकडाउन बच्चों को संस्थान में बुलाया खुलासे के बाद हरकत में आया प्रशासन स्कूल प्रबंधन में हड़कंप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

नमस्कार